मौजूदा स्थिति की समीक्षा की

प्रधानमंत्री ने जवानों के साहस और शौर्य की प्रशंसा की बिहार विधान मंडल का मॉनसून सत्र तीन अगस्त से होगा शुरू

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है और यह समय विकासवाद का है चीन के साथ जारी तनाव के बीच श्री मोदी आज लेह में भारतीय सेना के जवानों को संबोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि देश को अपनी सेना पर अटूट विश्वास है और हरेक नागरिक देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपके अतुलनीय समर्पण की प्रशंसा करता है

श्री मोदी के साथ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे भी मौजूद थे केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लेह दौरे से हमारे जवानों का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ेगा उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि श्री मोदी लद्दाख में सेना वायुसेना और आईटीबीपी के वीर जवानों के साथ हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री का लद्दाख दौरा और सैनिकों के साथ उनकी बैठक उत्साहजनक है उन्होंने कहा कि इससे निश्चित रूप से सेना का मनोबल बढ़ेगा ट्विटर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना के हाथों में हमेशा देश की सीमाएं सुरक्षित रही हैं उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर कहा कि भारत को नरेन्द्र मोदी पर गर्व है जो आज हमारे बहादुर जवानों का साहस बढ़ाने के लिए लेह पहुंचे सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से सेना का मनोबल बढ़ेगा प्रधानमंत्री के लद्दाख दौरे को सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक कोमोडोर सी उदय भास्कर ने वर्तमान हालातों में काफी महत्वपूर्ण बताया है

इसमें राष्ट्रीय दृंढता का संकेत है इसमें सामरिक इशारा कई क्षेत्रों में है एक एक्सटर्नल डाईमेंशन जिसके दो पहलू हैं चीन तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दूसरा पहलू डॉमेस्टिक या घरेलू है फौजियों के मनोबल के लिए यह बहुत ही सकारात्मक होगा और देशवासियों के लिए इसमें इशारा ये है कि इस वक्त हम अटल रहेंगे

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आई सी एम आर सभी क्लीनिकल परीक्षण पूरे होने के बाद पन्द्रह अगस्त से स्वदेशी कोविड उन्नीस वैक्सीन जारी करने की योजना बना रही है आई सी एम आर ने वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ भागीदारी की है परिषद् ने कंपनी से क्लीनिकल परीक्षण में तेजी लाने को कहा है साथ ही भारत बायोटेक से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि परीक्षण के लिए मरीजों के नाम दर्ज करने की प्रक्रिया सात जुलाई से शुरू कर दी जाये

भारत बायोटेक ने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को गति दे दी है हालांकि अंतिम परिणाम इस परियोजना में शामिल सभी क्लीनिकल ट्रायल साइटों के सहयोग पर निर्भर करेगा

जिसे आईसीएमआर नेशनल इन्सटीट्यूट ऑफ वायरलॉजी पुणे द्वारा अलग किया गया है हाल ही में सेंट्रल ड्रग स्टेंड्र कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन ने भारत बायोटेक इंडिया को कोवैक्सीन नामक कोरोना वैक्सीन के लिए मानव परीक्षण करने की मंजूरी दी है

इस बीच केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड उन्नीस वैक्सीन की संभावना के लिए जायड्स कैडिला को मनुष्य पर पहले और दूसरे चरण के क्लीनिकल परीक्षण की अनुमति दे दी है यह भारत बायोटैक की कोवैक्सीन के बाद दूसरी संभावित वैक्सीन है जिसे मनुष्य पर क्लीनिकल परीक्षण की मंजूरी मिली है प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के दो सौ इकतीस नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर दस हजार नौ सौ चौदह हो गयी है आज पटना से सबसे अधिक अड़तालीस मामले सामने आये हैं मुजफ्फरपुर से बत्तीस सिवान से उन्नीस पश्चिम चम्पारण से सत्रह भागलपुर से सोलह सहरसा से पन्द्रह पूर्वी चम्पारण से चौदह बेगूसराय से तेरह नालंदा से नौ औरंगाबाद से आठ और पूर्णिया से सात मामलों की पुष्टि हुई है इसके अलावा गया और मुंगेर से छह छह मधुबनी शिवहर और रोहतास से तीन तीन लखीसराय मधेपुरा जमुई और सीतामढ़ी से दो दो जबकि कैमूर किशनगंज और शेखपुरा से एक एक मामले पॉजिटिव पाये गये हैं प्रदेश में अब तक आठ हजार दो सौ ग्यारह लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है वहीं आज दो और कोविड संक्रमितों की मौत के साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर अस्सी हो गयी है देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर साठ दशमलव सात दो प्रतिशत से अधिक हो गयी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले चौबीस घंटे में बीस हजार बत्तीस लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी है स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर तीन लाख उन्यासी हजार आठ सौ बानवे हो गयी है वहीं पिछले चौबीस घंटे में बीस हजार नौ सौ तीन लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या छह लाख पच्चीस हजार पांच सौ चौवालीस हो गई है एक दिन में सामने आने वाले मामलों की यह सर्वाधिक संख्या है इस वैश्विक महामारी से अब तक अठारह हजार दो सौ तेरह लोगों की मौत हो चुकी है कोविड उन्नीस संक्रमण से बचाव के लिए दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के डाक्टर नरेश गुप्ता ने लोगों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने और सुरक्षित दूरी अपनाने की सलाह दी है

जब कोई खांसता छींकता है तो एक से दो मीटर तक वो जा सकती है तो अगर आप पहले ही एक या दो मीटर का फासला बना के रखेंगे तो उसका आपके साथ कॉन्टेक्ट होने का अंदेशा बहुत कम हो जाता है जो कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन की बात आई तो उसके लिए हम कहते हैं कि आप हाथ साफ करें हाथ अगर आप धोते रहेंगे तो उसमें जो वायरस है वो साबुन पानी के द्वारा निकलता रहेगा और उसके साथ साथ अगर जरूरत समझे या पानी नहीं हो तो आप सैनेटाइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर पचास रुपये का जुर्माना किया जायेगा और उन्हें दो मास्क दिये जायेंगे उन्होंने बताया कि जुर्माने का उद्देश्य लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रदेश के राशन कार्डधारियों के बीच अगले पांच महीने तक मुफ्त राशन के लिए तेईस लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त अनाज का आवंटन हुआ है भारतीय खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक डी वी प्रसाद ने यह जानकारी दी प्रदेश में उन्नीस अगस्त को आयोजित होने वाली बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा अगले आदेश के लिए स्थगित कर दी गयी है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जतायी है विभाग ने कहा है कि प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में निम्न हवा के दवाब का एक क्षेत्र बना हुआ है जिस कारण बारिश की स्थितियां बनी हुई हैं आज सबसे अधिक पटना के श्रीपालपुर में साठ मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी इस बीच प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटना में कम से कम तेरह लोगों की मौत हो गयी वैशाली में पांच समस्तीपुर में तीन लखीसराय में दो और गया बांका तथा जमुई में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है प्रदेश की अधिकतर नदियों के जलस्तर में गिरावट आयी है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नदियों के जलस्तर में स्थिरता और घटने की प्रवृति बनी हुई है कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से एक मीटर जबकि बागमती नदी सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर में और परमान नदी अररिया में लाल निशान के आसपास बनी हुई है अन्य सभी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है पटना के अनीसाबाद स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में पिछले दिनों हुई डकैती के मामले में पुलिस ने मुख्य सरगना समेत पांच अपाराधियों को गिरफ्तार कर लिया है ये गिरफ्तारी जक्कनपुर से हुई है

सीतामढ़ी जिले में आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत पांच जीविका दीदीयों को ऑटो रिक्शा उपलब्ध कराया गया जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने लाभुकों को ऑटो रिक्शा की चाभी सौंपी

मौजूदा स्थिति की समीक्षा की

प्रधानमंत्री ने जवानों के साहस और शौर्य की प्रशंसा की बिहार विधान मंडल का मॉनसून सत्र तीन अगस्त से होगा शुरू